शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कांग्रेस के लखविंद्र सिंह राणा के सवाल पर ये जानकारी दी

उन्होंने कहा कि राज्य प्रद्षण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा सभी औद्योगिक इर्काइयों व जल उपचार सयंत्रों का समय समय पर निरीक्षण और जल के नमूनों की जाँच की जाती है इस संबंध में भाजपा के परमजीत सिंह पम्मी के अनुपूरक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों में जल उपचार संयत्र न लगाने में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

भाजपा के इंद्र सिंह के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र की चार पंचायतों चौक झंझेल रोपड़ी व परसदा हवाणी को सरकाघाट क्षेत्र में शामिल किया गया है भाजपा के जवाहर ठाकुर के सवाल पर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सूखे व गिरे पेड़ों वाले जंगलों को चिन्हित कर इन्हें निकालने के लिए हर साल लॉट बनाए जाते हैं

इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने छात्रों से संवाद किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं

सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस दौरान वे विभिन्न सड़क परियोजनाओं व राष्ट्रीय राजमार्गो का शिलान्यास करेंगे उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे और सड़क नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं अनुराग ठाक्र ने कहा कि बेहतर सड़क सम्पर्क से व्यापार और पर्यटन बढ़ने सहित यातायात सुगम होगा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

दुर्घटना जिला लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में काजा लंगचा सड़क पर एक कार के बर्फ में फिसलने से गहरी खाई में गिरने पर वाहन चालक की मौत हो गई

ये लोक निर्माण विभाग में मकैनिक के पद पर कार्यरत था कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों से गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं

कम तीव्रता कम होने के कारण किसी नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि भूकम्प का केंद्र कांगड़ा क्षेत्र में ही जमीन से पांच किलोमीटर की गहराई पर था